गौरतलब है कि वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जल संरक्षण और भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पांच दिवसीय श्रमदान कार्यक्रम की श्रुआत इस गांव में गौर नदी के गौमुख से की थी इसमें सामूहिक श्रमदान और जनसहयोग से बनाये गये एक स्टापडैम का निर्माण भी किया गया है मुखर्जी जयंती भारतीय जनता पार्टी के शिखर प्रुष और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए डाक्टर मुखर्जी का योगदान हमेशा याद रहेगा प्रदेश में भी डाक्टर मुखर्जी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है इंदौर में आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और शहर सांसद शंकर लालवानी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने विजय नगर स्थित डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने भाजपा के सदस्यता अभियान का शुभारंभ भी किया

वे जाने माने भारतीय राजनेता बैरिस्टर और शिक्षाविद् थे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमण्डल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया था दिग्विजय पत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कोचिंग संस्थानों को माल और वस्तु कर जीएसटी के दायरे से बाहर लाने का अनुरोध करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखा है अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा केन्द्रीय और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए कोचिंग किया करते हैं पहले इन कोचिंग संस्थानों पर पांच फीसदी जीएसटी था जो बढ़ाकर अठारह फीसदी कर दिया गया है ऐसे में ये कोचिंग संस्थान और मंहगे होने से युवाओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा कुपोषण मौत प्रदेश के चम्बल संभाग के श्योपुर जिले की जनजातीय वनबस्तियों में पिछले तीन सप्ताह में तीन वर्ष से कम आयु के करीब एक दर्जन बच्चों की क्पोषण से मौत हो गई है लगभग तीन साल पहले इस जिले में पचास से अधिक अल्पवयस्कों की कुपोषण से मौत के कारण यह जिला सुर्खियों में आया था सरकारी सूत्रों ने स्वीकार किया है कि सहरिया जनजाति के बच्चे बड़ी संख्या में कुपोषण से प्रभावित हुए है सूचना स्रोतों के अनुसार कुपोषण से मरने वाले बच्चे कराहल विजयपुर और वीरपुर तहसीलों के हैं दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यकम अधिकारी ओ पी पाण्डे ने एक अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अधिकतर बच्चों की मृत्यु विभिन्न बीमारियों अथवा अन्य कारणों से हुई है किकेट विश्वकप क्रिकेट में आज लीड़स में भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ होगा यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर तीन बजे शुरू होगा

आज के मैचों के नतीजे सेमीफायनल के मुकाबले तय करेंगे सेमीफायनल के लिए पाइंट टेबल की टाप टीम का मुकाबला नंबर चार से होना है जबकि पाइंट टेबल में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाली टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी आज के मुकाबले में अगर भारत जीतता है और दूसरे मैच में आस्ट्रेलिया पराजित हो जाता है तो भारत शीर्ष स्थान हासिल करेगा और उसे सेमीफायनल में पाइंट टेबल के चौथे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैण्ड से मुकाबला करना होगा वहीं अगर भारत की जीत के साथ साथ आस्ट्रेलिया भी जीत दर्ज करता है तब आस्ट्रेलिया टाप पर रहेगा और भारत दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफायनल में ग्रुप की तीसरे नंबर की टीम इंग्लैण्ड के खिलाफ खेलेगा मौसम दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बीती रात से रूक रूक कर बारिश हो रही है उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में सुबह से ही गरज चमक के साथ बारिश हो रही है उधर शाजापुर जिले में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और निचली बस्तियों में पानी भर गया है

वहीं इंदौर में पिछले चाबेस घंटों के दौरान साढे चार इंच बारिश हो चुकी है जिससे शहर के कई इलाके जलमग्न हो गये है प्रदेश के गुना विदिशा रायसेन सीहोर और झाबुआ से भी बारिश के समाचार मिले हैं मौसम विभाग ने आज दतिया गुना ग्वालियर शिवपुरी अशोकनगर राजगढ़ रायसेन और भोपाल सहित ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है

साथ ही रोगों की जांच और उपचार सभी सरकारी अस्प्तालों में निशुल्क व्यवस्था की जायेगी